लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया हाल में आयोजित सम्मान समारोह में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को एक एक लाख रूपये प्रशस्ति पत्र व मेडल और चौथ से दसवां स्थान पाप्त करने वालों को इक्कीस हजार रूपये प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया

मुख्यमंत्री ने समारोह में राजकीय संस्कृत विद्यालयों के अट्ठारह बालिका छात्रावास के साथ उन्नीस राजकीय हाईस्कूल और सोलह राजकीय इंटर कॉलेज के भवनों का भी लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की पहचान संस्कृत के दम पर द्निया के प्राचीन राष्ट्रों में होती है देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संस्कृत भाषा के ज्ञान से अच्छी तरह समझा जा सकता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से परम्परागत व्यवसायों से जूड़े कारीगरों शिल्पियों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिय हैं कल शास्त्री भवन में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के हुनर को तराशने के लिए उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी गूहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्या चार रोकथाम अधिनियम के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में पारित कराना चाहती है लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अपने जवाब में श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप जो इस एक्ट में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कुछ डाइल्यूशन हुआ है तो उसके तत्काल बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हम इसी प्रकार का बिल लायेंगे जरूरत हुई तो इससे भी हम कड़ा बिल लायेंगे और उसी वायदे के अनुरूप ही कल ही कैबिनेट ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अटोप्सी बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में ही उस बिल का पारित कराना चाहें गे राज्यसभा में आज उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार पाने वाले सांसदों का अभिनदन किया गया सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और पूर्व उपसभापति डॉ नजमा हेपतुल्ला की प्रशासनिक सूझबूझ दूरदृष्टि और भाषण कला की सराहना की श्री नायडू ने कहा कि यह सदन के लिए वास्तव में गौरव की बात है कि एक मौजूदा सदस्य और एक पूर्व सदस्य को यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है सभापति ने पुरस्कार पाने वाले लोकसभा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव दिनेश त्रिवेदी और भूर्तहरि महताब के योगदान की भी प्रशंसा की प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज इलाहाबाद में कुंभ मेला के कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने आशा व्यक्त की कि कुंभ मेले में सभी काम तय समय सीमा के अन्दर पूरे कर लिये जायेंगे इस दौरान स्थानीय लोगों को किसी तरह को कोई दिक्कत न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जायेगा उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में सीवर और सड़क का काम प्रमुखता से पूरा कराया जा रहा है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

प्रदेश के कई शहरों में कल शाम से हो रही लगातार बारिश के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा से संबंधित दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की मृत्यु हो गई बारिश से कई स्थानों पर मकान ढहने और जमीन धसने से कई लोगों के घायल होने की खबर है गोण्डा में कल रात दीवार गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई जिनमें एक बालिका शामिल है उन्नाव बांदा और कानपुर नगर में दो दो तथा बाराबंकी कन्नौज शाहजहांपुर पीलीभीत अम्बेडकर नगर फिरोजाबाद में एक एक व्यक्ति की मौत बारिश से जुड़े हादसों में हो गई है बीते चौबीस घंटों में चार सौ से अधिक मकानों और झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है प्रदेश में वर्षा जनित हादसों में अब तक एक सौ पन्द्रह लोगों की मृत्यु हो गई है और सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश आज बहराइच जिले में रिकार्ड की गई

बलरामपूर में पिछले कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण तराई क्षेत्र के कई नाले उफान पर है जिससे यहां के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है फैजाबाद में पिछले चौबीस घंटे में चौरासी मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई जिले के मवई इलाके के चार गांवों में एक दर्जन से अधिक मिट्टी के घर ढह गये वहीं मिर्जापुर के पसियाही गांव में बारिश के दौरान मकान की दीवार गिरने से इसके मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई सोनभद्र म ं लगातार बारिश के चलते बलुई बंधे पर पानी के बहाव में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है ऐसे में किसी बड़े हादसे से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आसपास के गांवों को खाली कराकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश की कई प्रमुख नदिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयाग की रिपोर्ट के अन्सार शारदा यमुना और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर जबकि गंगा नदी खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है मौसम विभाग ने मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आगामी चौबीस घंटे में भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानूमान व्यक्त किया है

इसके तहत उत्तर प्रदेश में पांच नये केन्द्रीय विद्यालय खुलेंगे इसके लिए सरकार फंड मुहैया करायेगी उत्तर प्रदेश में ये विद्यालय बांदा भदोही मिर्जापुर बागपत के बाओली और सूरजपुर में खोले जायेंगे अमरोहा में खाद्य पदार्थो के अट्ठारह नमूनों में मिलावट पाये जाने पर संबंधित लोगों पर नौ लाख सत्तावन हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है इनमें से सोलह नमूने दूध से संबंधित है मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज गुप्ता ने बताया कि शिकायत मिलने पर खाद्य पदार्थो के नमूने प्रयोगशाला भेजे गये थे जिनमें मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम की अदालत में इस संबंध में वाद दायर किया गया था हमीरपुर के जिलाधिकारी ने घरों में निजी शौचालय बनवाने वाले दो सौ लोगों को सम्मानित किया है इन सभी को स्वच्छता का रोल मॉडल भी घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने घरों में शौचालयों का निर्माण कर दूसरों को स्वच्छता की जानकारी और सीख दे सके सरकार ने धार्मिक और परोपकारी संस्थानों की ओर से आयोजित लंगर और भंडार में परोसे जाने वाले भोजन तथा प्रसाद पर लगने वाले केन्द्रीय जीएसटी और एकीकृत जीएसटी का पुनर्भुगतान करने की योजना शुरु की है